मुख्यमंत्री संस्थान में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ करेंगे और अग्रिम अनुसंधान सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे बाद में मुख्यमंत्री नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सी टी स्कैन मशीन का शुभारम्भ भी करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास निगम ने इन बसों को देश भर में सबसे पहले खरीदा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों और आम लोगों की सुविधा के लिए निगम द्वारा शिमला दिल्ली और मनाली से दिल्ली के बीच एसी वाल्वो बसें चलाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि ये बसें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार साबित होंगी पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज दूसरी सालगिरह है

पीएम किसान की शुरूआत देश भर के सभी किसान परिवारों को सहायता प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सूबे में पार्टी चिहन पर होंगे नगर निगम चुनाव पहली बार मेयर पद ओबीसी के लिये आरक्षित पंजाब केसरी का शीर्षक है पार्टी चिहन पर होंगे नगर निगम चूनाव दल बदल कानून के दायरे में आएंगे पार्षद दैनिक जागरण के मुताबिक पार्टी चिह्न पर होंगे नगर निगम चुनाव महापौर व उपमहापौर का चुनाव पार्षद करेंगे दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अब कम से कम चालान एक हजार रुपये का वाहन चालकों को यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा बहुत महंगा आपका फैसला ने लिखा है एसएमसी अध्यापकों को एक साल की एक्सटेंशन हिमाचल दस्तक की खबर है बजट पर सुस्ती सीएम ने ली मंत्रियों की क्लास कैंबिनेट के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में दोबारा बैठक दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है पर्यटकों के लिये मुम्बई की तरह तत्तापानी में शुरू होगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शिमला के निजी शिक्षण संस्थान को सात लाख रुपये जुर्माना शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है डिग्री व मार्क्सशीट देने में आनाकानी कर रहा था संस्थान दिल्ली में एचआरटीसी की पुरानी बसें बंद दिव्य हिमाचल की खबर है देसी शराब के लेबल पर नाटी के चित्र की अनुमति को लिया वापिस लोगों की भावनाओं को पहुंच रही थी ठेस आपका फैसला की एक खबर है मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है शिमला की रातें दिल्ली जैसी गर्म कल से फिर हो सकती है बारिश पश्चिमी विक्षोभ का सेंटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमर उजाला ने लिखा है रोहतांग में ताजा बर्फबारी आज भी बरसेंगे बादल